इस अभियान के अन्तर्गत श्री मोदी ने देश भर के सत्तर नये मॉडल डिग्री कालेज ग्यारह प्रोफेशनल कॉलेज एक महिला विश्वविद्यालय साठ से ज्यादा औन्टर प्रन्योरशिप इनोवेशन और कॅरियर हब का शिलान्यास और उद्घाटन किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत दुनिया में तीसरा सबस बड़ा स्टार्ट अप का केन्द्र बन गया है उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का हमारा संकल्प और सशक्त हो रहा है बाइट नये भारत निर्माण के लिए हमारा रास्ता क्या है रिसर्च इनोवेशन इक्यूवेशन और स्टार्ट अप के लिए एक नया इम्प्राइमेंट देश में विकसित किया जा रहा है देश भर के स्कूलों में बन रही अटल टिक्करिंग लैंब को अटल इक्यूवेशन सेंटर्स को जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का हमारा संकल्प आज और सशक्त हो रहा है इस सशक्ति करण का गवाह हमारा श्री नगर बना है जम्मू कश्मीर बना है साथियों ये स्टार्ट अप इंडिया अभियान का ही असर है कि आज भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप नेशन बन गया है

साथियों स्टार्टअप के साथ साथ देश एक एक ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी का विस्तार भी हमारी प्राथमिकताओं में है आज देश भर में तीन लाख से अधिक कॉमेन्स सर्विस सेन्टर ग्रामीण को डिजिटल सेवा तो दे रही है लाखों युवाओं को रोजगार से भी जोड़ रहे है प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास हमारी प्राथमिकता है सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है बाइट जम्मू कश्मीर के नौजवानों और पूरे देश को ये विश्वास दिलाता हूं इस आरंभ का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जायेगा

हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे जम्मू कश्मीर का विकास यहां के लोगों का विकास ये हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी

भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम क इस अभियान का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ पार्टी नेता तथा गृहमत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में किया इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विश्व में अपनी तरह का यह पहला अभियान होगा उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए किसानों युवाओं महिलाओं के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्ना मुद्दों पर लोगों के सुझाव मांगे जायेंगे बाइट हमारी ये संकल्प पत्र समिति समाज के सभी स्टेक होल्डर्स और विषय विशेषज्ञों के साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट सतए पर्टिकुलर सेक्टहर्स के जो स्पेशलिस्ट होंगे हम उनसे भी भेंट करके उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री ने सभी से कहा है कि वे भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान में भाग लें श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि सहभागी लोकतंत्र भाजपा के लिए भरोसे का मुद्दा है उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए लोगों के सुझावों से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जायेगी

उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से केन्द्र में सरकार बनायेगी आज मिर्जापुर मण्डल के सेक्टर संयोजकों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री मौर्य ने यह बात कही उन्होंने पार्टो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से केन्द्र और प्रदेश की योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का जनता के बीच प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल और मण्डल के तीनों जिलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे उपमुख्यमंत्री श्री मार्य ने मिर्जापर जिले में भटौली पक्का पुल और गंगा नदी पर बनने वाले चार पांटून पुलों सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया

मेला क्षेत्र में श्रद्धालु और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि शाही स्नान से पहले आज सुबह लगभग साठ लाख से अधिक लोगों ने आस्था की ड्रबकी लगाई प्रयागराज मेला प्राधिकरण के प्रमुख विजय किरण आनंद ने बताया कि आठ किलोमोटर क दायरे में कुल चालोस घाट तैयार किये गये है जिन पर आम लोग स्नान करेंगे कुल चौदह अखाड़ो के स्नान के लिए विशेष घाट बनाये गये उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गयी है

मेला क्षेत्र में केन्द्रीय अर्द्व सैनिक सशस्त्र बलों की सैंतोस कम्पनियां तैनात की गयी है

प्रयागराज जोन के आयुक्त आशीष कुमार गोयल ने बताया कि स्नान के लिए एक करोड से अधिक श्रद्वालु और तीर्थयात्री मेला क्षेत्र पहुंच चुके हैं कल शाही स्नान के दिन श्रद्वालु की संख्या तीन करोड़ से अधिक पहुचने की संभावना है

कल होने वाले शाहो स्नान को देखते हुए कुल छत्तीस अस्पतालों को एलर्ट पर रखा गया है स्नान अवधि के दौरान ये चौबीस घंटे खुले रहेंगे पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट बाइट कल के मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हुए मेडिकल सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है

ताली स्नान घाटों और संगम पर किसी भी आपातस्थिति से निपटने के लिए चार रिवर एम्बूलेंस तैयार है वहीं एक एयर एम्बूलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है

धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार कुंभ मेला सिटी प्रयागराज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

कोहरा और गलन बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी इस बीच कन्नौज जिले में आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के कारण डम्पर और कार की टक्कर में भाजपा के प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक के पिता समेत तीन लोगों की मौत हो गयी यह सभी लोग गाजियाबाद से एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे तभी रास्ते में फगुहा भटटा के पास उनकी कार डम्पर से टकरा गयी घने कोहरे के कारण पीछे से आ रही कई अन्य गाड़ियां भी उनकी कार से टकरा गयीं